राज्यपाल आचार्य देवव्रत अपने अभिभाषण के साथ सत्र की शुरूआत करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री जयरा म ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हए इस बार का बजट सत्र कम अवधि का निर्धारित किया गया है उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल शिमला में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हई इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति के अलावा विभिन्न मुददों पर चर्चा की

सड़क सुरक्षा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू कर रहा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस अवसर पर आज नई दिल्ली में एक रैली को रवाना करेंगे इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाएगा इधर प्रदेश में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

इस वर्ष कैंसर दिवस का विषय है मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा नलवाड़ी मेला राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेले के प्रबंधों को लेकर कल बिलासपुर में एक बैठक हुई

बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि हाफ मैराथन के अलावा हॉकी हैंडबॉल कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताएं मेले में आकर्षण का केन्द्र रहेंगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला पंजाब केसरी दिव्य हिमाचल दैनिक जागरण और दैनिक सवेरा टाइम्स की लगभग एक जैसी सुर्खी है हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से इसी खबर पर दैनिक भास्कर ने लिखा है सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरेगी कांग्रेस हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बजट सत्र आज राज्यपाल बताएंगे सरकार के काम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑनलाइन किया चंबा जिला के लिल्ह कोठी कॉलेज भवन का शिलान्यास संबंधी खबर भी लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

जबकि आपका फैसला की सुर्खी है कांग्रेस टिकट के आवेदनों को जिला कमेटी से हरी झंडी नहीं आलाकमान को भेजी जाएगी फील्ड की रिपोर्ट आईपीएच में घटिया पाइप खरीद पर जांच के आदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से हुई है सौ करोड़ से ज्यादा की खरीद हिमाचल दस्तक की एक खबर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है प्रदेश में कृषि क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है हिमाचल में आज से बारिश और बर्फबारी अलर्ट जारी अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि बेटियों के महत्व को सम्मान देने वाली योजना का कर्मचारियों के लालच की शिकार होना समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है शीर्षक है यह कैसी सोच

शीर्षक है केंद्र सरकार के अंतरिम आम बजट में हिमाचल